प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करेंगे उदघाटन

जयनगर से नेपाल तक रेल लाइन इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जायेगा

भारत और नेपाल के बीच दिसंबर दो हजार उन्नीस से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा समस्तीपुर रेलमंडल के महाप्रबंधक अशोक महेश्वरी ने बताया कि छह सौ उन्नीस करोड़ रूपये की लागत से बने जयनगर बैजलप्रा और बैजलप्रा बर्डीवास रेलखंड के बीच ट्रेने चलेंगी जयनगर से कुर्था के बीच चौंतीस किलोमीटर रेलखंड तैयार है रेलवे के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जयनगर में यार्ड और कस्टम चेक प्वाइंट बनाने का काम किया जा रहा है केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में अधिक जुर्माने के प्रावधान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन की आदत विकसित करना है श्री गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जीवन महत्वपूर्ण है और इसकी सुरक्षा के लिये यातायात के कठोर नियम लागू किये गये हैं उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है पासपोर्ट सेवा की तर्ज पर अब ड्राइविंग लाईसेंस के लिये ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट मिलेगा आवेदकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल वाहन सारथी पर जाकर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट के बाद डीटीओ में आवेदन स्वीकृत किये जायेंगे इधर रविवार समान्य अवकाश का दिन होने के बावजूद आज ड्राइविंग लाईसेंस बनवाने वालों की भारी भीड़ को देखते हुये पटना जिला परिवहन कार्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है समान्य दिनों की तरह ही आज भी लर्निंग और ड्राइविंग लाईसेंस के लिये आवेदन स्वीकार होंगे राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिये एकेडमिक और शैक्षणिक कैलेण्डर का ससमय संचालन किया जाना जरूरी है राजभवन में विश्वविद्यालयों में एकेडमिक कार्य की समीक्षा करते हये राज्यपाल ने एकेडमिक और शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुये कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में दूध के उत्पादन में तेरह प्रतिशत की वृद्धि हयी है पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मछली उत्पादन में पंद्रह अंडा उत्पादन में चौदह और मांस उत्पादन में उन्नीस प्रतिशत की वृद्धि हुयी है श्री कुमार ने कहा कि पश्रपालन क्षेत्र की प्रगति में पश् चिकित्सकों का बड़ा योगदान है गाय मछली और मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन के लिये सरकार पशुपालकों को अनुदान भी दे रही है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सात सौ ग्यारह पशु चिकित्सकों की शीघ्र बहाली होगी विभाग ने पश् चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये समान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियां भेजी हैं शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा साठ साल की आयु तक बढ़ा दी है इसके साथ ही इन संविदा कर्मियों के उनके स्वास्थ्य और कार्यक्शलता के आधार पर अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा अवधि विस्तार भी दिया जा सकेगा राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने बताया कि अब संविदा पर नियोजित अधिकारियों और कर्मियों का प्रत्येक तीन वर्ष पर अवधि विस्तार और नवीनीकरण की जरूरत भी नहीं होगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल योजना के तहत घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है इसके अंतर्गत सार्वजनिक सुनवाई की जायेगी सोशल ऑडिट की मुख्य जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग में गठित बिहार सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के प्रतिनिधियों को दी गयी है

डाक विभाग महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर अठारह से बाईस दिसंबर तक मुंबई में राष्ट्रीय स्टाम्प प्रदर्शनी लगाने जा रहा है पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि यह प्रदर्शनी डाक विभाग और सदस्य फिलैटली सोसायटी के सौजन्य से डाक टिकट संग्रह को शिक्षाप्रद शौक के रूप में आगे प्रोन्नत करने के लिये किया जा रहा है मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक बनी पेट्रोलियम पाइप लाइन का उद्घाटन दस सिंतबर को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली संयुक्त रूप से इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नई दिल्ली से जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली काठमांडू से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखायेंगे इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक एस के नंदी ने उद्घाटन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है उन्होंने बताया कि मोतिहारी से अमलेखगंज तक तीन सौ चौबीस करोड़ रूपये की लागत से उनहत्तर दशमलव दो किलोमीटर लंबी पाइप लाइन का निर्माण किया गया है जमुई जिले के चकाई प्रखंड मुख्यालय स्थित वार रूम में नक्सलियों पर लगाम को लेकर बिहार झारखंड के पांच जिलों के पुलिस अधिकारियों की अंतरप्रांतीय बैठक हुई बैठक में जमुई नवादा बांका देवघर गिरिडीह जिले के पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र को नक्सलमुक्त बनाने को लेकर विचार विमर्श किया इस दौरान महिला नक्सलियों की सक्रियता पर भी चर्चा हुई बॉर्डर एरिया में संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति भी बनाई गई है राष्ट्रीय वीरता प्रस्कार के लिये प्रदेश के बहादुर बच्चों के नाम शीघ्र भेजे जायेंगे शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से ऐसे बच्चों का विस्तृत विवरण केंद्र के भारतीय बाल कल्याण परिषद को भेजने को कहा है जो बच्चे साहसिक कार्य से हाल के दिनों में चर्चित हुये हैं इसके अंतर्गत आठ से अठारह साल के बच्चे और किशोर का चयन किया जायेगा पटना जिले के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में लपारवाही बरतने वाले सोलह चिकित्सक प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज पटना के चौदह केंद्रों पर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है कोईलवर में सोन नदी पर बने पुल के उत्तरी सड़क के मरम्मत कार्य को लेकर पूल पर सभी वाहनों का परिचालन आज शाम पांच बजे तक बंद रहेगा इस अवधि में केवल दक्षिण मार्ग से ही वाहन गुजर सकेंगे राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पहले हुई पूर्व वार्ड पार्षद नागेश्वर राय की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर जिला अपराधी गिरोह के सरगना रीतलाल मल्लिक समेत सात अपराधियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही पुरबैया हवा चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है पटना में आयोजित चौथी राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप के दो हजार मीटर स्पर्धा में बिहार की यामिनी ने रजक पदक प्राप्त किया है इस स्पर्धा में ओडिशा की संयुक्ता दुमदुम ने स्वर्ण और पश्चिम बंगाल की श्वेता ने कांस्य पदक जीता है पटना में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के बारह से अठारह वर्ष तक के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं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 हिन्दुस्तान ने चंद्रयान टू से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है चांद का सपना साकार होकर रहेगा दैनिक जागरण लिखता है चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग भले नहीं हो पायी लेकिन चंद्रयान दू से इसरो की उम्मीदे कई गुना बढ़ गयी हैं प्रभात खबर का शीर्षक है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिये शेड्यूल जारी एसटीइटी सात नवंबर को कल से ऑनलाइन आवेदन दैनिक भास्कर की सुर्खी है सात सौ ग्यारह पशु चिकित्सकों की जल्द होगी बहाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करेंगे उद्घाटन

जयनगर से नेपाल तक रेल लाइन इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जायेगा